बीआरओ के अधिकारियों ने बताया कि बेहद कठिन परिस्थितियों में काम चल रहा है लेकिन जल्द पूरा होने की उम्मीद है

अल्मोड़ा की जनता ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर भरोसा जताया है परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए कई लोग कम प्रीमियम वाली इस बीमा योजना को अपना रहे हैं आध्निक कृषि तकनीक की ट्रेनिंग के लिए टिहरी से किसानों का दल हिमाचल प्रदेश रवाना हआ विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर हिमाचल में खेती बाड़ी की जानकारी लेगा दल स्लग नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज उत्तराखंड में चार धाम सड़क मार्ग योजना की समीक्षा की उत्तराखंड में चारधाम के लिए सभी मौसम में यातायात सुचारू बनाने के लिए सड़कों के निर्माण के साथ ही मानसरोवर मार्ग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है

मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत संभावनाओं के साथ एक युवा राज्य है उन्होंने राज्य में निवेशकों के अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया

इस मौके पर मुख्यमंत्री रावत और अन्य प्रतिनिधिमण्डल ने उत्तर भारत में निवेश वातावरण पर सीआईआई की रिर्पोट का विमोचन भी किया मुख्यमंत्री श्री रावत ने सिंगापुर दौरे की शुरूआत ऐतिहासिक पेरूमल मंदिर के दर्शन के साथ की मुख्यमंत्री ने इंडियन हेरिटेज सेंटर और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन का भी भ्रमण किया श्री रावत ने सिंगापुर के विदेश मामलों के मंत्री विवियन बालकृष्णन से भी मुलाकात की साथ ही उत्तराखंड में विकास की सम्भावनाओं को तलाशने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ विचार विमर्श किया इस समिट का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किया गया है इसका मकसद देश के उत्तरी राज्यों में निवेश आकर्षित करना है

परिवार की सुरक्षा और भविष्य सभी की प्राथमिकता होती है ऐसे में कम प्रीमियम वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को हर वर्ग के लोग पसंद कर रहे हैं

साथ ही ये किसान कीवी की खेती के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे इसके अलावा दल में शामिल किसान हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में वहां के खेती बाड़ी के तरीकों को समझेंगे मुख्य विकास अधिकारी आशीष भट्टगाई ने प्रगतिशील किसानों के इस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया श्री भट्टगाई ने कहा कि ऐसे भ्रमण से किसानों को खेती की आधुनिक तौर तरीकों के बारे में जानकारी होने के साथ ही तकनीकि ज्ञान भी प्राप्त होगा और उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी

यहां गरुड़ ब्लॉक में गुलदार ने छह साल की एक बच्ची पर घात लगाकर हमला किया काफी खोजबीन के बाद बच्ची का शव गांव से क्छ दूर जंगल से बरामद किया गया छह साल की ज्योति आंगन में खेल रही थी तभी अचानक गुलदार ने हमला बोल दिया

सूचना मिलने पर एसडीएम और कानूनगो टीम लेकर गांव पहुंचे वहीं ग्रामीणों ने अपने स्तर से खोजबीन की

गरुड़ ब्लॉक में गुलदार के हमले की इस वर्ष की ये तीसरी घटना है ग्रामीण गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग कर रहे हैं वही अधिकारियों का कहना है कि गुलदार को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और पीड़ित परिवार को जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा